चम्बा के सुईला गांव में बीती रात आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत और लाहौल स्पीति व किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात अगले तीन चार दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें होली रंगों का त्योहार होली आज देश सहित प्रदेश में हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया गया कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने इस बार लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही घर पर होली खेलने का आग्रह किया था जिसका लोगों ने बखूबी पालन किया लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं विशेष रूप से बच्चों व युवाओं में होली को लेकर खासा उत्साह देखा गया और उन्होंने कोविड नियमों का पालन करते हुए होली मनाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों को होली उत्सव की बधाई दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में परिवार के क्छ सदस्यों व स्टाफ के साथ सीमित होली मनाई उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना के चलते इस बार सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ही होली मनाई ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके

अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सदभाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नये उत्साह का संचार करेगा इधर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं केन्द्र निर्देश त्योहारों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने पहले ही राज्यों को भीड़ नियंत्रित करने के आवश्यक उपाय करने को कहा है इन उपायों में मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है केन्द्र ने लोगों को इस बारे में सतर्क करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से स्नो फैस्टिवल के समापन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि ये फैस्टिवल ज़िले की विविध संस्कृति परम्पराओं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल स्पीति ज़िले में पर्यटन के प्रभावी विपणन के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा

मृतकों में दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं

आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहंचे लेकिन तब तक इन लोगों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी मृतकों में देसराज पत्नी डोलमा और उनके दो बच्चे शामिल हैं विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने इस घटना पर शोक जताते हुए प्रशासन को प्रभावितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं

इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं ऐसे में भाजपा व कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं

इसके लिए प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हें मौसम लाहौल स्पीति व किन्नौर ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज सुबह हल्का हिमपात होने के बाद दिनभर बादल छाए रहे राज्य के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी भी हुई मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है

बिजली चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के साच स्थित बिजली बोर्ड के पावर हाउस में भूस्खलन के कारण पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है पंचायत समिति पांगी के पूर्व अध्यक्ष भानी चंद ठाकुर ने कहा कि भूस्खलन से पावर हाउस का चैनल क्षतिग्रस्त हो गया है और लोगों को पिछले एक सप्ताह से बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है उन्होंने सरकार से पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू बनाने की मांग की है भानी चंद ठाकुर ने कहा कि पांगी घाटी में दो मैगावॉट का प्रोजेक्ट स्थापित करने से हमेशा के लिए बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है इस बीच विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता पवन शर्मा ने कहा कि पावर हाउस के चैनल को इसी सप्ताह ठीक कर दिया जाएगा